नमो एप के जरिये प्रधानमंत्री ने देश के अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों से भी बात की मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा के दौरान सारंगढ़ में सौ बिस्तरों का अस्पताल बनाने की घोषणा की

नमो एप के जरिये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि बीमारी के कारण गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर बहत आर्थिक बोझ पड़ता है और दवाईयां प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है श्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना इसलिए शुरू की गई है ताकि गरीब लोगों को कम कीमत पर दवाइयां मिल सकें उन्होंने कहा कि इस योजना से देशभर में बहत से लोगों को फायदा पहुंचा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने हृदय रोग के इलाज में काम आने वाले स्टेंट की कीमतों में बहत कमी की है और इसका फायदा गरीबों तथा मध्य वर्ग को सबसे अधिक पहुंच रहा है

उन्होंने कहा कि देशभर में तीन हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र काम कर रहे हैं इनमें मध्मेह दिल की बीमारी रक्तचाप और अन्य रोगों से निपटने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सात सौ से अधिक दवाइयां उपलब्ध हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक भारत में तपेदिक की बीमारी खत्म करने का लक्ष्य रखा है जो वैश्विक स्तर पर निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले पूरा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि घटना प्रत्यारोपण की कीमतों में भी भारी कमी हई है

छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों के लिए यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रायपुर स्थित राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई थी इस दौरान प्रधानमंत्री ने केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से देश के हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की जानकारी प्राप्त की प्रदेश के हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि मधुमेह और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के लिए पहले करीब तीन हजार रूपए हर महीने खर्च होते थे अब जनऔषधि केन्द्र के माध्यम से यही दवाइयां तीन सौ से चार सौ रूपए में उन्हें मिल जाती हैं विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सारंगढ़ में सौ बिस्तरों का अस्पताल बनाने की घोषणा की है प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के दौरान रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में मुख्यमंत्री ने करीब एक सौ नौ करोड़ रूपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया उन्होंने जिले के छब्बीस हजार परिवारों को आबादी पटटे और डेढ़ हजार महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन का वितरण भी किया इस अवसर पर आमसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश में जब भी नए जिले बनाए जाएंगे उनमें सारंगढ़ का नाम प्राथमिकता में होगा सारंगढ़ के बाद मुख्यमंत्री विकास यात्रा के तहत बेमेतरा भी पहुंचे वहां उन्होंने करीब छह सौ तिरसठ करोड़ रूपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया इसके अलावा उन्होंने बेमेतरा और साजा विधानसभा क्षेत्रों के इकतालीस हजार से अधिक किसानों को करीब साठ करोड़ रूपये के धान का बोनस भी वितरित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि इस फैसले से चालू वित्त वर्ष में एक हजार दो सौ पचहत्तर करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आयेगा इस संशोधन से करीब तीन लाख सात हजार ग्रामीण डाक सेवकों को लाभ होगा मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार मूल वेतन में बढ़ोत्तरी के अलावा महंगाई भत्ते का भुगतान अलग से किया जाएगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जब कभी महंगाई भते में संशोधन किया जाएगा ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते में भी उसी प्रकार संशोधन किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस संशोधन से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्नियादी डाक स्विधाएं और मजबूत होंगी बीएसपी एफआईआर भिलाई इस्पात संयंत्र में बीते दिनों हई श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने संयंत्र के उप महाप्रबंधक सहित बारह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के परिवहन विभाग में बीते दिनों शंटिंग के दौरान हए हादसे में ठेका श्रमिक इंद्रजीत की मौत हो गई थी श्रमिक की मौत के दौरान भिलाई के भट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी पुलिस ने विवेचना के बाद बारह लोगों को जिम्मेदार पाया है जिसके बाद इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है मेडिकल कॉलेज दाखिला रोक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिश के आधार पर बयासी मेडिकल कॉलेजों में नए शिक्षा सत्र के लिए दाखिलों पर रोक लगा दी है चिकित्सा परिषद ने अपनी जांच के दौरान इन कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के अलावा शिक्षकों और अन्य संसाधनों में कमियां पाई थीं इनमें सत्तर निजी और बारह सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में संक्षिप्त पुनरीक्षण के दूसरे चरण के कार्यक्रम की सूचना जारी कर दी गई है इसके तहत पंद्रह से बीस जून तक बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम किया जाएगा वहीं इक्कीस जून से बीस जुलाई तक मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा

प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा अहमदाबाद चांपानेर सापूतारा जूनागढ़ पोरबंदर और द्वारका जैसे शहरों में छत्तीसगढ़ी पकवानों तथा व्यंजनों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है रायपुर स्थित मौसम विभाग केंद्र के अनुसार पंजाब से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के बीच एक द्रोणिका बनी होने के कारण प्रदेश में नमी आ रही है जिसकी वजह से प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है इससे रात के तापमान में कमी आई है लेकिन दोपहर को उमस बढ़ने से लोगों को बेचैनी महसूस हो रही है अगले चौबीस घंटों के बारे में अनुमान है कि प्रदेश में कृछ स्थानों पर मानसून से पहले की बौछारें पड़ सकती है

परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि सोलह जुलाई है कोंडागांव नगर पालिका के तहत एक निजी एजेंसी के जरिये काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है जांजगीर चांपा जिले के सोनसरी गांव में नौकरी लगाने के नाम पर एक लाख चौरासी हजार रूपये की ठगी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इसी जिले की एक अन्य घटना में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई

द्र्ग शहर के आदित्य नगर स्थित क्शाभाऊ ठाकरे भवन के पास एक युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी